गीता कुमारी एक प्रेरणादायक शिक्षिका हैं

इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि शिक्षक ही सच्चे राष्ट्र निर्माता होते है और शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों के जीवन को समृद्ध बनाया है उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में हो रहे बदलाव के केन्द्र में शिक्षक होना चाहिए श्री कोविन्द ने कहा कि हमारे बच्चों और युवाओं के भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपूर में इस संबंध में कला साहित्य संस्कृति और प्ररातत्व विभाग की बैठक ली मुख्यमंत्री ने गांधीजी की जीवनी पर आधारित लाईट एण्ड साउण्ड शो तैयार करने के निर्देश दिए है उन्होंने कहा कि इस शो को उन जगहों के आस पास प्रदर्शित किया जाए जहां बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं